चीन के राष्ट्रपति षी जिनफिंग को भेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने हुबेई प्रांत से भारतीयों को निकालने में सहयोग के लिए चीन का आभार व्यक्त किया उन्होंने इस महामारी से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर दुख प्रकट करते हुए चीन को हर संभव सहयोग की पेशकश की है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम दो हजार अटठारह की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि कोई अदालत केवल उन्हीं मामलों में अंतरिम जमानत दे सकती है जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो पीठ ने कहा कि इस कानून के तरह प्राथमिकी दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अनुमोदन भी जरुरी नहीं है पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति रविंद्र भट़ट ने अपना अलग निर्णय देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हुए भाई चारे की भावना को बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोई अदालत तब प्राथमिक को खारिज कर सकती है यदि अनुसूचित जाति जनजाति कानून के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो उन्होंने कहा कि अंतिम जमानत का सहजता से इस्तेमाल करना संसद की मंशा के विरुद्ध होगा शीर्ष न्यायालय ने इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली बहुत सी याचिकाओं के बाद यह फैसला दिया था इन याचिकाओं में इस कानून के प्रावधानों को हल्का करने की मांग की गई है देशभर में आज राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक से उन्नीस वर्ष के बच्चों और किशोरों को अल्बेंडाजॉल दवा की एक खुराक दी जा रही है इस कार्यक्रम का उद्देश्य परजीवी कृमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृमिरहित करना है इससे पेट के कीड़ों की समस्या को जन स्वास्थ्य समस्या बनने से रोका जा सकेगा जो बच्चे और किशोर आज खुराक नहीं ले पाएंगे वे सोमवार सत्रह फरवरी को खुराक ले सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हाथों को धोने से इस संक्रमण और कई अन्य बीमारियों से बड़े पैमाने पर बचा जा सकता है मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ्य और क्रमि मुक्त जीवन के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अल्बेंडाजॉल दवा बच्चों में पोषण की जरुरत को पूरा करती है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सियांग जिले के तुतिंग का दो दिवसीय दौरा करते हुए कहा कि बौद्ध शरणार्थी केंद्र होने के कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की काफी संभावनाएं है तूतिंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा बौद्ध पर्यटन सर्किट होने के कारण इस क्षेत्र को पेमा कोड के नाम से भी जाना जाता है जिसके कारण इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटको की संख्या बढ़ने की संभावना है इस कार्यक्रम मे मुख्यमंत्री के अलावा सांसद तापिर गाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिवांग सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

इस नई पद्दति के उपयोग से वाहनों की हर मिनट का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज देश भर में शुरु हो गया है सूचना और प्रसारन मंत्रालय का यह कार्यक्रम अट्ठाईस फरवरी तक चलेगा अभियान उद्देश्य देश की विविधता में एकता पर जोर देकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संपर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय कॉलेज और अन्य रोजगार संगठन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र अपना पौक्षणिक विवरण इस पोरटल पर हे सकते है

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया